उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने कठिन परिस्थितियों में लड़ने का साहस दिखाया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित करना और उनके लिए विशिष्ट कार्य करने वाले संस्थानों के प्रयासों को महत्व देना है बाल शक्ति पुरस्कार नवाचार सामाजिक सेवा शिक्षा खेल बहादुरी तथा कला और संस्कृति के क्षेत्रों में दिया जाता है पुरस्कार के तहत पदक एक लाख रूपये की राशि प्रमाणपत्र और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वालों में भोपाल की रिया जैन और इंदौर की सुदीप्ति हजेला भी शामिल थीं बेटी बचाओ जागरुक बालिका समर्थ मध्यप्रदेश की थीम पर आज राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है

उधर टीकमगढ़ जिले में शैक्षणिक संस्थाओं में बालिकाओं के महत्व पर पोस्टर स्लोगन नुक्कड़ नाटक कठपुतली जिंगल्स जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ग्वालियर सिवनी ॅबड़वानीरीवा मण्डला बालाघाट रतलाम होशंगाबाद नरसिंहपुर और जबलपुर सहित विभिन्न जिलों से इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

मौनी अमावस्या मौनी अमावस्या का पर्व आज प्रदेश में पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है श्रद्धाल् नदियों और सरोवरों में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं सतना जिले के चित्रकूट में इस अवसर पर मेले का आयोजन किया गया है

प्रदेश की जनता की हिफाजत करना सरकार का दायित्व है यह बात प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन ने आज इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान कही